्र राज्य के विधायकों की आज जयपुर में संगोष्ठी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे उदघाटन

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधयेक कानून बन गया है इसके तहत तीन साल जेल की सजा हो सकेगी तीन तलाक की पीडित महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है जिस महिला को तलाक दिया गया है उसकी सहमति और मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही मामले में समझौता किया जायेगा

श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए पोषक तत्व आधारित फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों की सब्सिडी दर को भी मंजूरी दी है

मंत्रिमंडल ने रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की प्रौद्योगिकी सम्पर्क इकाई स्थापित करने को भी स्वीकृत किया

उन्होंने अपने दूसरे शासनकाल में पहली प्रगति बैठक में अधिकारियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने और इसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को कहा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़ी शिकायतों के समाधान में प्रगति की भी समीक्षा की श्री मोदी ने आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा की

प्रधानमंत्री ने इस योजना को और कारगर बनाने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करने की सलाह दी सुगम्य भारत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगों के आसानी से प्रवेश के मुद्दे पर फीड बैक प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जल शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की आठ महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की भी समीक्षा की

यह विधेयक थर्ड पार्टी बीमा मुद्दे का निपटारा कैब समूहक विनियमन और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है

विधेयक में सड़क दूर्घटनाओं के पहले एक घंटे के भीतर पीड़ित के लिए नकदी रहित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराना शामिल है

उन्होंने कहा कि जल्द ही हार्डकॉपी और ई कॉपी के बारे में सदस्यों की प्राथमिकता पूछी जाएगी और उसके अनुसार हार्डकॉपी के प्रयोग में कमी लायी जाएगी श्री बिरला ने सदस्यों का आह्वान किया कि संसदीय पत्रों की ई कॉपी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें

हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं से वाद सूची ईमेल पर प्राप्त करने के लिए सहमति मांगी है

अधिवक्ता समुदाय पेपर बचाकर पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं रजिस्ट्रार का कहना है कि प्रिंटेड वाद सूची की जगह यदि ईमेल से वाद सूची के प्रति अधिवक्ता प्रेरित होते हैं तो एक साल में अकेले हाईकोर्ट में एक हजार से ज्यादा पेपर्स की बचत हो सकती है

विधानसभा सचिव प्रमिल कमार माथुर ने बताया कि संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा और लोकनीति की ओर से किया जा रहा है संगोष्ठी में तुलनात्मक वैश्विक संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र और इसमें भारत का योगदान और भारत में बदलेती दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र की समसामयिक च्नौतियां विषय पर सत्र आयोजित किए जाएंगे

एसीबी की करीब आधे दर्जन से ज्यादा टीमों ने टीएडी विभाग में वित्तीय सलाहकार भारती राज और नगर विकास प्रन्यास के वरिष्ठ लेखाधिकारी रमेश बावरी के ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान करोडो रुपये की सम्पत्ति और दस्तावेज बरामद किये गये हैं